मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने का केन्द्र से किया आग्रह

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि हाल के कृषि सुधारों के विषय में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाये गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बहत लाभदायक हैं प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि देश में कृषि उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी सरकार ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए पांच सौ करोड रुपये से अधिक की योजना बनाई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया से प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने का आग्रह किया है

जयराम ठाकुर ने हिमाचल में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जलयान सुविधा आरम्भ करने की संभावनाओं का पता लगाने की भी बात कही केन्द्रीय राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह को सैद्वांतिक रूप से मंजूर करते हुए इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी भेंट की सीएम भेंट राज्य सरकार जनजातीय पिछड़े और दर्गम क्षेत्रों के संतुलित व सर्वागीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे सरकार की कल्याण कारी योजनाओं का लाभ उठा सकें ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में भरमौर के विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में पांगी भरमौर के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि पांगी भरमौर क्षेत्र प्रदेश का सबसे दुर्गम इलाका है और सरकार विकास की दृष्टि से इसे विशेष महत्व प्रदान कर रही है

इस बीच बिलासपुर जिला बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष दौलत राम शर्मा के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की उन्होंने आईजीएमसी शिमला में कोविड सेंटर में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र हांडा की मृत्यु के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया मुख्यमंत्री ने राजेन्द्र हांडा की मृत्यु के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं

इस समय देश में लगभग तीन लाख आठ हजार कोविड मरीज हैं मारकण्डा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि सरकार आईटीआई में व्यवहारिक व रोजगार देने वाले पाठ्यक्रम शुरू करने पर बल दे रही है वे आज सोलन जिला के कण्डाघाट विकासखण्ड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सायरी का निरीक्षण करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सायरी में एक वर्ष में आईटीआई का नया भवन तैयार किया जाएगा उन्होंने इसके लिए चयनित भूमि का निरीक्षण भी किया मारकण्डा ने यहां अगले वर्ष से दो और ट्रेड आरम्भ करने का आश्वासन भी दिया

आज शिमला से वर्चअल माध्यम से सभी जिला व मण्डल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी

सुरेश कश्यप ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे हिमराल शिमला से ग्रामीण क्षेत्रों को चलने वाली पथ परिवहन निगम की बसों का सही संचालन न होने से लोग परेशान हैं

उन्होंने सरकार से इन क्षेत्रों के लिए सप्ताह भर नियमित रूप से बसें चलाने का आग्रह किया है विकास मंच जनजातीय विकास मंच चंबा ने सरकार से जिले की पांगी घाटी की कुमार पंचायत में बंद पड़ी सड़कों को जल्द खोलने का आग्रह किया है मंच के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि सड़क अवरूध होने से स्थानीय लोगों को घरेलू गैस सिलिंडर नहीं पहुंच पा रहे जिससे मुश्किले आ रही है

पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जहां दिन के समय तेज धूप निकल रही है वहीं मैदानी इलाकों में सुबह शाम घना कोहरा पड़ने से कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है

जिले के कई स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोत जम गए हैं इसी तरह मण्डी सोलन सुंदरनगर भुंतर मनाली और चम्बा में भी न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चल रहा है

नियुक्ति कुसुम्पटी के विधायक अनिरूद्व सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव और असम राज्य का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इस नियुक्ति के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया है प्रेस क्लब प्रेस क्लब शिमला की संचालन परिषद ने अपने नियमित सदस्यों को सामूहिक बीमा योजना से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार